कुछ स्थानों पर इवीएम मशीनों में खराबी की भी शिकायतें आईं थी जबकि मुरैना में एक केंद्र के बाहर गोली चलने की घटना भी हुई

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कडी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है

मतदान शाम छह बजे तक चलेगा

इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है

गुणवत्तापूर्ण चावल केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में गुणात्मक चावल के वितरण बढाने की जरूरत पर बल दिया है पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित एक समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अन्तर्गत देश के सभी जिलों में गुणात्मक चावल की खरीद और वितरण की योजना बनाने को कहा गया है